कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद

प्रदेश में पहले चरण के लिये ग्यारह अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य आज समाप्त हो गया इस चरण में औरंगाबाद जमुई गया और नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी इस चरण के लिये एनडीए और महागठबंधन सहित विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये लोजपा के चिराग पासवान ने एनडीए प्रत्याशी के तौर पर आज जमुई क्षेत्र से नामांकन पर्चा दाखिल किया वहीं इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भूदेव चौधरी और बहुजन समाज पार्टी के उपेन्द्र रविदास ने भी अपना पर्चा भरा गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्यूलर के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया वहीं इसी सीट से एनडीए प्रत्याशी और जदयू के विजय मांझी ने नामांकन पत्र भरा औरंगाबाद सीट से भाजपा के निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के उपेन्द्र प्रसाद ने अपने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किये इसी सीट से बहजन समाज पार्टी के नरेश यादव ने भी अपना पर्चा भरा नवादा से लोजपा प्रत्याशी चंदन सिंह और राजद की विभा देवी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये वहीं शिवसेना की ओर से स्वामी रंगनाथाचार्य और अन्य चार उम्मीदवारों ने भी नवादा सीट से अपने नामांकन पत्र दाखिल किये अठारह अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिये पूर्णिया बांका भागलपूर कटिहार और किशनगंज से भी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने में तेजी आयी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए तारिक अनवर ने कटिहार से जबकि जदयू प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने अपना नामांकन दाखिल किया इधर पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर आज पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से अपना पर्चा भरा पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने राजद उम्मीदवार के तौर पर बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा जबकि जदयू प्रत्याशी के तौर पर बेलहर के विधायक गिरिधारी यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया किशनगंज सीट से आम आदमी पार्टी के अलीमुद्दीन अंसारी और दो अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किये दूसरे चरण के लिये पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है दूसरे चरण के लिये प्रत्यााशियों के नामांकन पत्रों की जांच सताईस मार्च को की जायेगी जबकि उनतीस मार्च तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इधर ग्यारह अप्रैल को नवादा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज नामांकन के अंतिम दिन नौ प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे एनडीए की ओर से जदयू प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक कौशल यादव और महागठबंधन से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने नामांकन पर्चा भरा लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है नामांकन दाखिल करने के बाद कई प्रत्याशियों ने आज चुनावी सभाओं को संबोधित किया बिहार भाजपा ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो अप्रैल को जमूई और गया में जबकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तीस मार्च को औरंगाबाद और नवादा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे इधर अपने नामांकन के बाद चिराग पासवान ने जमुई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केन्द्र की एनडीए सरकार की पांच साल की उपलब्धियों को गिनाया श्री पासवान ने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में देश ने विकास की नई ऊंचाईयों को छूआ है राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के समर्थन में बांका के कुंवर सिंह मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने केन्द्र की एनडीए सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया वहीं बांका के समुखिया मोड़ मैदान में राज्य के मंत्री राम नारायण मंडल और राज्यसभा सदस्य कहकशां परवीन ने जदयू प्रत्याशी गिरिधारी यादव के पक्ष में प्रचार किया निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमारी ने भी पीबीएस कॉलेज मैदान में चुनावी सभा की इधर पूर्व केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने पार्टी प्रत्याशी भूदेव चौधरी के समर्थन में जमुई में चुनावी सभा को संबोधित किया सीपीएम ने उजियारपूर संसदीय क्षेत्र से अजय कुमार को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने सीतामढ़ी से रघुनाथ कुमार जबकि भागलपुर से सत्येन्द्र कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी नेता कृष्णा क्रमारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दल से छह वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है कृष्णा कुमारी यादव खगड़िया से टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रही थी कयास लगाये जा रहे हैं कि वह सीपीआई के प्रत्याशी के तौर पर खगड़िया से चुनाव लड़ेंगी इधर टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व सांसद कैलाश बैठा ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है श्री बैठा वाल्मीकिनगर सीट से वैधनाथ प्रसाद महतो को पार्टी प्रत्याशी बनाये जाने से नाराज चल रहे थे मुंगेर पुलिस ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया है वरीय पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने बताया कि जिले के सात कुख्यात नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिये इन पर इनाम की घोषणा की गयी है पुलिस ने धरहरा और हवेली खड़गपुर प्रखंडों में मकानों की दीवारों पर इनामी नक्सलियों के पोस्टर चिपकाये हैं शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने जिले में मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं नहीं मुहैया कराने को लेकर कड़ी कार्रवाई की है जिलाधिकारी ने इस मामले में जिम्मेवार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता बीडीओ और प्रखंड स्वच्छता समन्व्यक के वेतन भूगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है रोहतास जिले में नये मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य जारी है जिले के दो संसदीय क्षेत्रों सासाराम और काराकाट में उन्नीस मई को मतदान होगा आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने पटना जंक्शन स्थित एक मुसाफिरखाने के पास से दो संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने बताया कि गिरफ्तार किये गये दोनों युवक बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमीयत उल मुजाहिद्दीन और इस्लामिक स्टेट बांग्लोदश के सक्रिय सदस्य हैं श्रीमती मलिक ने कहा कि दोनों की पहचान खैरूल मंडल और अब् सुलतान के रूप में की गयी है दोनों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और भारतीय मतदाता पहचान पत्र बरामद किये गये हैं प्रदेश में अलग अलग आपराधिक वारदात में अपराधियों ने लगभग पैंतालीस लाख रूपये लूट लिये मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी पेट्रोल पंप के कैशियर से मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने उनतीस लाख रूपये लूट लिये वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत केबी लाल रोड स्थित एक गैस एजेंसी के प्रबंधक से अपराधियों ने दिनदहाड़े चौदह लाख उनतीस हजार रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि घटना के समय प्रबंधक रूपये जमा कराने नजदीकी बैंक शाखा में जा रहा था

इधर पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक निजी फायंनास कंपनी के कर्मचारी से एक लाख चालीस हजार रूपये लूट लिये पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर रानी सराय गांव के पास एक ट्रक और ऑटोरिक्शा के बीच आमने सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गयी और ग्यारह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये घायलों का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है

कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद